प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि सरकार ने किसानों की आय दोग्नी करने के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं शुरू की है ताकी उनकी फसल को बेहतर बाजार मूल्य मिले आज उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में दस हजार किसान उत्पादक संगठनों की शुरूआत करने के बाद प्रधानमंत्री एक समारोह को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने कहा कि किसानों की योजनाओं से उन्हें फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य गुणवत्तापूर्ण बीज और उत्पादों के बेहतर मूल्य प्राप्त हो रहे हैं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रत्येक ब्लाक में किसान उत्पादक संगठन होना चाहिए उन्होंने कहा कि सरकार देश के सौ पिछड़े और जनजातीय जिलों में इन संगठनों को पहले स्थापित करेगी इससे पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हये प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार लोगों के जीवन को आसान और सुगम बनाने के लिए अनेक कार्य कर रही है बाईट दिव्यांगों के इस कौशल को और निखारने के लिए मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक स्पोर्ट सेंटर बनाने की दिशा में काम किया जा रहा है इस सेंटर में ट्रेनिंग सलेक्शन पढ़ाई लिखाई रिसर्च मेडिकल सुविधाएं यानि नेशनल और इंटरनेशनल मुकाबलों के लिए जो भी तैयारियां चाहिए उनकी सुविधा हमारे दिव्यांगजनों को यहां दी जाएगी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 प्रधानमंत्री ने कहा कि सुगम्य भारत योजना के तहत सभी हवाई अड्डों सात सौ रेलगाडियों और अन्य सार्वजनिक स्थानों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया गया है श्री मोदी ने कहा कि दिव्यांगों के लिए कॉमन साइन लैंग्वेज संस्थान स्थापित किए गए हैं बाईट अलग अलग भाषा होने की वजह से भी मेरे दिव्यांग भाई बहनों को बहुत दिक्कत होती है देशभर के सभी दिव्यांगजनों के लिए एक कॉमन साइन लैंग्वेज हो इसके लिए सरकार ने इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए देशभर में अनेक योजनाएं शुरू की हैं बाईट दूरदर्शन के लोग अनेक अभिनंदन के अधिकारी है क्योंकि उन्होंने तो सालों से इस काम को किया है और उन्होंने दिव्यांगजनों की चिंता की है लेकिन अब देश के कई टीवी चौनल भी दिव्यांगजनों के लिए भी इसी प्रकार के साइनेचिज के द्वारा खबरें दिखाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं मानवीय संवेदना के इस काम के लिए वे सभी टीवी चौनल भी अभिनंदन के अधिकारी है केन्द्र सरकार अगले वर्ष मार्च तक लगभग एक लाख चालीस हजार रिक्तियां भरने की योजना बना रही हैं इस सिलसिले में कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष बृजराज शर्मा ने केन्द्रीय मंत्री डॉक्टर जितेन्द्र सिंह से मुलाकात की उन्होंने कहा कि गैर तकनीकी पदों के अलावा राजपत्रित और अराजपत्रित पदों पर चरणबद्व ढंग से भर्ती की जाएगी आयोग ने चौदह हजार छह सौ ग्यारह उम्मीदवारों की नियुक्ति की सिफारिश पहले ही कर दी है लगभग पचासी हजार पदों के लिए परीक्षा का परिणाम इस वर्ष जून तक आने की सम्भावना है अगले महीने के आखिर तक लगभग चालीस हजार अतिरिक्त रिक्तियां भरे जाने की उम्मीद है भाजपा के वरिष्ठ नेता और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने अप्रवासी बिहारियों से बिहार के विकास के लिए योगदान करने की अपील की है श्री मोदी आज पटना में अप्रवासी बिहारियों और प्रदेश के बाहर रहने वाले राज्यवासियों के सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे श्री मोदी ने बाहर काम करने वाले बिहारियों की जुझारूपन की सराहना की उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष दो हजार अठारह उन्नीस में बिहार से तीन लाख पासपोर्ट जारी किये गये इसमें से सबसे अधिक पासपोर्ट सीवान और गोपालगंज जिले के लोगों को जारी किये गये हैं वहीं केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि नया बिहार बनाने में अप्रवासी बिहारी काफी योगदान कर सकते है उन्होंने उद्यमियों से बिहार में निवेश करने की अपील भी की जदयू सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो का आज उनके पैतुक गांव पश्चिम चम्पारण जिले के पकड़िया में पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया कल इलाज के दौरान उनका नई दिल्ली में निधन हो गया था अंतिम संस्कार में राज्य के मंत्री श्रवण कुमार मदन सहनी जिले के सभी नौ विधानसभा क्षेत्र के विधायक सांसद सहित हजारों की संख्या में लोगों ने दिवंगत सांसद को अंतिम विदाई दी इससे पहले विधानसभा परिसर में अंतिम दर्शन के लिए बैद्यनाथ प्रसाद महतो का पार्थिव शरीर रखा गया जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधान सभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी विधान परिषद के कार्यकारी सभापति हारूण रशीद समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने दिवंगत सांसद को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की सीतामढ़ी जिले के मेजरगंज के ड्मरी गांव में सेना के जवान सुशील सिंह का आज प्रे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया सुशील सिंह का पिछले दिनों जम्मू कश्मीर में बर्फबारी के बाद तबीयत बिगड़ने से निधन हो गया था केन्द्रीय गृह राज मंत्री नित्यानंद राय ने भारत नेपाल सीमा पर किशनगंज में सशस्त्र सीमा बल के शिविर का दौरा किया श्री राय ने इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और एसएसबी के उन्नीसवीं बटालियन के जवानों की समस्याएं भी सुनी मुंगेर पुलिस ने हरिणापुर थाना क्षेत्र के झौआ बहियार गंगा दियारा में मुठभेड़ के बाद ईनामी अपराधी मृत्युंजय यादव उर्फ करका और उसके दो सहयोगियों को गिरफ्तार किया है प्रलिस अधीक्षक लिपि सिंह ने बताया कि पकड़े गये अपराधियों के पास से पुलिस से लूटी गयी एक थ्री नाट थ्री राइफल एक बन्दूक एक पिस्तौल और कई कारतूस बरामद किये गये हैं नवादा जिले के युवा फिल्मकार राहुल वर्मा की लघु फिल्म ललक अमरीका में आयोजित होने वाले द सीन फेस्टिवल के लिए चयनित की गयी है अमरीका रूस तंजानिया समेत कई देशों की फिल्मों को पीछे छोड़ते हुये ललक फिल्म ने महोत्सव में अपनी जगह पक्की की यह फिल्म कचरा चुनने वाले बच्चे के एक अधिकारी बनने की कहानी पर आधारित है मौसम विभाग ने कहा है कि अगले पांच दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा जबकि दोपहर में धूप खिली रहने से लोगों को ठंड से राहत मिलने के आसार हैं वहीं आने वाले दिनों में रात और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी होगी इधर आज पटना और आस पास के क्षेत्रों में बादल छाये रहे पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र में जीरो माइल के पास अपराधियों ने एक फाइनेंस कंपनी के कार्यालय से लगभग तीन लाख रुपये लूट लिये सीतामढ़ी जिले के पूपरी थाना क्षेत्र में हरदिया तालाब के पास सड़क दुर्घटना में दो लोगों की मौत हो गयी गोपालगंज जिले के जादोपुर मेहदिया गांव के पास गंडक नदी में नाव पलटने सें एक महिला की मौत हो गयी जबकि छह अन्य लोग लापता हैं बचाव दल लापता लोगों की तलाश कर रहा है वहीं कटिहार जिले के पोठिया ओपी थाना क्षेत्र स्थित रहटा पंचायत के बेलगाछी गांव में पानी के गड्ढे में डूबने से एक बच्ची की मौत हो गयी पटना जिले के फतुहा थाना क्षेत्र से पुलिस ने चार लोगों को हथियार और शराब के साथ गिरफ्तार किया है मुजफ्फरपुर से एसटीएफ ने कुख्यात नक्सली मुकेश सहनी को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के सुरदसा ढ़ाला के पास से पुलिस ने दो सौ कार्टन शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है बक्सर में नमामि गंगे परियोजना के तहत चार बड़े नालों का दूषित जल शोधित किया जायेगा इस पर अगले दो वर्ष में एक सौ चौसठ करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे पश्चिम चम्पारण जिले के बगहा में हड़ताल पर बैठे एक नियोजित शिक्षक का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया